प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हो रहे संयुक्तष्ट राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को आज रात साढे आठ बजे संबोधित करेंगे नॉर्वे की प्रधानमंत्री सुश्री अरना सोलबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस भी सत्र को संबोधित करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारी व निजी क्षेत्रों नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल स्क्रीनिंग ऐम्बुलेंस सेवा और सर्विलांस गतिविधियों के संबंध में राज्य मुख्यालय तथा जनपद स्तर पर एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के कार्यो को परखने के लिये ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाये मुख्यमंत्री ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में और वृद्धि करते हुए इसकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता बताई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए एक लाख निगरानी टीम बनाने का निर्देश दिये है कल रात लखनऊ में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आवश्यक रणनीति बनाने क लिए प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सिकों और निर्देशकों की विशेष टीम गठित करने का भी आदेश दिया विशेष टीम में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिकारी और चिकित्सक शामिल किये जाएंगे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी चार सौ तीन विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है इसके माध्यम से स्थानीय सांसद विधायक और पार्टी के नेतागण बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे हैं तथा इसके माध्यम से पिछले एक वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार के पिछले तीन वर्षो के उपलब्धियों को लोगों से साझा किया जा रहा है

इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर जनता के हितों को पूरा करने के लिये कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव में पार्टी को अपने विकास कार्यो के बल पर ऐतिहासिक जीत हासिल होगी तथा दोबारा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और अधिक बहुमत के साथ सरकार बनायेगी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़े का सामान बनाने वाले समाज के वंचित समुदायों के कारीगरों के लिए दिल्ली में अपनी तरह का पहला जूता चप्पल निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र खोला है इसे आगरा के केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान की तकनीकी जानकारी से स्थापित किया गया है जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है चमड़े का सामान बनाने का प्रशिक्षण देने वाला यह केन्द्र राजघाट स्थित गांधी दर्शन परिसर में बनाया गया है जहां चमड़ा कारीगरों के लिये बेहतरीन किस्म के जूते चप्पल बनाने का दो महीने का सघन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जायेगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष वीके सक्सेना ने इस केन्द्र का उद्घाटन करत हुए बताया कि यहां प्रशिक्षण लेने वालों को दो महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपना कारोबार चलाने में सहायता दी जायेगी उन्हें प्रशिक्षण के बाद पांच हजार रूपये मूल्य का टूल किट दिया जायेगा ताकि वे अपना कारोबार कर सकें खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण केन्द्र के इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना दो महीने से भी कम समय में की गई है और इसमें अत्याधुनिक यंत्रों उपकरणों तथा मशीनों की व्यवस्था की गई है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

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री का इस क्षेत्र का यह पहला दौरा है पेंगोंग सो झील के किनारे रक्षा मंत्री ने सैनिकों को सम्बोधित किया

रक्षामंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है लेकिन अगर हमारे गौरव पर हमला किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जांच और उपचार की प्रकिया तेज कर रही है जिसके कारण अब देशभर म जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ रही है